आरक्षण की मांग को लेकर गूर्जर आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी कई रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित

भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान कल से दो दिन का एक्सरसाइज राहत अभ्यास शुरू करेगी

प्रधानमंत्री ने आज आंध्रप्रदेश के गुंदूर में विशाखापट्टनम कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार राष्ट्र को समर्पित किया

गुंदूर में जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि यह परियोजना आंधप्रदेश के साथ साथ पूरे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

गरीबों दलितों और जनजातीय लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हृदय योजना के तहत अमरावती को धरोहर नगर चुना है

राज्य के कई पूर्वी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं दिल्ली मुम्बई मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पिछले दो दिन से बाधित है सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर के पास आंदोलनकारियों ने पटरियों को जाम कर रखा है रेलवे ने कई गाडियों के मार्ग बदले हैं

आंदोलन का असर सवाई माधोपुर के साथ धौलपुर और बृंदी में भी देखा जा रहा है बृंदी में नैनवा के पास टोपा गांव में और गुलाबपुरा उनियारा मार्ग पर आंदोलनकारियों ने वाहनों की आवाजाही रोक दी धौलपुर में मचकुण्ड चौराहे पर गुर्जर समाज के लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की और कुछ वाहनों को आग भी लगा दी हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण किया

उन्होने कोटपुतली तहसील के सादुका गांव में महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण किया इस मौके पर उन्होने कहा कि भारत गांवों में बसता है और कमजोर लोगों को साथ लेकर चलना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है जो आज भी गांवों में नजर आता है

इसमें लेखानुदान मांगे पारित करवाई जायेंगी इसके अलावा कुछ संशोधन विर्धयक भी पारित करवाये जायेंगे और अलवर के रामगढ से जीती विधायक सफिया ज्बैद को शपथ दिलाई जायेगी

जयपुर के साइंस पार्क में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जागृति फैलाने वाली विभिन्न संस्थाओं और घायलों को अस्पताल ले जाने वालों को भी पुरस्कृत किया

विभिन्न जिलों में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का समारोहपूर्वक समापन किया गया जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया

इस कार्यक्रम में वायु सेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन होगा जिसमें वायू सेना के अधिकारियों के साथ कई अन्य देशों के रक्षा प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे

माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है शिक्षण संस्थाओं घरों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई मंदिरों में पीताम्बरी श्रंगार सहित शुभ कार्यो की धूम रही राजसमन्द के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में झांकी के साथ गुलाल अर्बीर सेवा शुरू हुई

इस अवसर पर कई स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन भी हुये प्रयागराज के कुम्भ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा और अंतिम शाही स्नान हुआ जिसमें दो करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने डुबकी लगाई

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ये खेती में अधिक नुकसान पहुंचा रही है

श्री गोहेन ने चुरू जिले के सादुलपुर रेलवे स्टेशन से हरी झण्डी दिखाकर इस सेवा की शुरूआत की श्रीगंगानगर से सीकर के बीच चलने वाले इस रेलगाड़ी का साद्रलशहर हनुमानगढ जंक्शन एलनाबाद नोहर भादरा सादुलपुर चूरू और फतेहपुर शेखावाटी स्टेशनों पर ठहराव होगा

सिरोही जिले के माउन्ट आबू में बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है

तीन दिन तक चलने वाले उत्सव में शोभायात्रा निकाली गई जिसे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होने कहा कि इस फेस्टिवल से लोगों को चित्तौड़गढ की इस विश्व धरोहर को जानने का मौका मिलेगा

इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने बताया कि इस वर्ष खेल मंत्रालय ने प्रदेश को खेलों के विकास के लिए एक सौ करोड रूपये दिए है